उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्तर पर इसकी हर हफ्ते समीक्षा करने के भी निर्देश दिए साथ ही खनन पट्टों को लेकर जिलों में आ रही समस्याओं से शासन को अवगत कराने को कहा मुख्यमंत्री डैश बोर्ड में निर्धारित की प्रोग्रेस इंडिकेटर के आधार पर खनन विभाग की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि वन विकास निगम को खनन राजस्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक तेजी से कार्य करना होगा इसके साथ ही उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के हित के लिए जिला खनिज न्यास की राशि का इस्तेमाल करने को कहा उन्होंने खनन से राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को पाने के लिए खासतौर पर चार जिलों देहरादून हरिद्वार ऊधमसिंहनगर और नैनीताल पर विशेष ध्यान देने को कहा इसके अलावा अवैध खनन परिवहन भण्डारण पर पेनल्टी के लम्बित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए

नामांकन पत्रों की जांच कल तक होगी

बागेश्वर जिले में कपकोट ब्लाक के चचई गांव में आयोजित हुई खुली बैठक में निर्मला जोशी को सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया गया है ग्रामीणों ने सूचना पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंप दिया है अब यहां पर चुनाव नही होंगे निर्विरोध चुनाव जीतने की घोषणा नामांकन पत्रों की जांच के बाद की जाएगी वहीं जिले में नामांकन के बाद प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया है इन दिनों गांवों में मेले जैसा माहौल है एक एक पद के लिए कई दावेदार चुनावी समर में है

जिला पंचायत की सीटों में सिमगड़ी सबसे बड़ी और अणा सबसे छोटी सीट है वहीं गरुड़ ब्लाक की मन्यूड़ा क्षेत्र पंचायत की सीट तीनों ब्लाकों में सबसे बड़ी है

प्रत्येक पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी सहित पांच मतदान कार्मिकों की तैनाती की गई है

उधर उत्तरकाशी में भी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट के साथ ही पीठासीन और मतदान अधिकारी प्रथम को प्रशिक्षण दिया गया क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट वाटर एन्ड इन्वायरमेंट विषय पर नैनीताल के उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में तीन दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार का आज दूसरा दिन था कार्यक्रम में पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा कि जलवाय परिवर्तन की वजहों को लेकर देश और दुनिया में शोध किये जा रहे हैं लेकिन अब समाज के लोगों को भी इससे जोड़ना होगा साथ ही नीति निर्धारकों को भी पर्यावरण संतुलन और नियोजन में शामिल करना होगा सेमिनार में मौजूद प्रोफेसर बीएस कोटलिया ने कहा कि हम अलग अलग हिमालयी क्षेत्र की जलवायु में आ रहे उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं सेमिनार के आयोजक में से एक जर्मनी की हमबोल्ट फाउंडेशन की एमकेहाफमैन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए वैश्विक स्तर के साथ स्थानीय स्तर पर जरुरी प्रयास करने होंगे सेमिनार में मौजूद कुमाऊं आयुक्त राजीव रौतेला ने कहा कि उत्तराखंड में जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं पौधरोपण के साथ साथ नदियों को पुनर्जीवित करने के प्रयास किये जा रहे हैं आर्थिक गणना अल्मोड़ा अल्मोड़ा में सातवीं आर्थिक गणना का मोबाइल एप से शुभारंभ किया गया इस मौके पर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कहा कि सातवीं आर्थिक गणना में आर्थिक क्रिया कलापों और परिवारों से सूचनाएं प्राप्त की जाएंगी इसके लिए एक बिजनेस रजिस्ट्रर तैयार किया जायेगा आर्थिक गणना के तहत जिले में सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों और उनमें कार्यरत व्यक्तियों की सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी जो भविष्य में नीतियों का आधार बनेगा

यह सेवा सप्ताह में दो दिन यानी प्रत्येक बुधवार और शनिवार को उपलब्ध होगी इससे देहरादून को मंदिरों के शहर वाराणसी और देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई से जोड़ने की पर्यटकों की लम्बित मांग पूरी हो सकेगी किसान मानधन योजना कोटद्वार तहसील क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले इसके लिए व्यापक प्रचार पर जोर दिया गया है कोटद्वार के एसडीएम योगेश सिंह मेहरा ने तहसील में कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों के साथ बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लघ् एवं सीमांत किसानों के लिए एक पेंशन योजना है सेंटर संचालकों को इसके प्रचार प्रसार और कागजी कार्यवाही में किसानों की मदद करनी होगी

राफ्टिंग प्रशिक्षण बागेश्वर में सरयू नदी की तेज लहरों में युवक युवतियों का छह दिवसीय राफिटंग प्रशिक्षण शुरू हो गया है इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जिले में साहसिक पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं यहां पैराग्लाइडिंग रॉक क्लाइंबिंग माउंटेन बाइकिंग आदि के डेस्टिनेशन खोजे गए हैं

इस दौरान उन्हें पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सरयू नदी में राफ्टिंग की संभावनाएं हैं धीरे धीरे इस ओर कार्य किया जा रहा है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में साहसिक पर्यटन यहां की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन बनेगा कुमाउं मंडल विकास निगम के साहसिक खेल अधिकारी ने बताया कि पिथौरागढ़ चम्पावत और बागेश्वर में कई जगहों पर साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए कार्य हो रहे हैं गंगा चौपाल रुद्वप्रयाग में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा चौपाल का आयोजन किया गया स्वजल विभाग द्वारा गंगा चौपाल में प्रोजेक्टर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाये रखने के लिए जन जागरूकता का सन्देश दिया गया जिला परियोजना प्रबन्धक ने नदियों के किनारे पूजा और धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों से भी स्वच्छता बनाये रखने की अपील की उन्होंने कहा कि प्रजा सामग्री को नदी में डालने के बजाय पौधों में डाले नदियों में पूजन सामग्री डाले जाने से प्रदूषण बढ़ता है और जलीय जीवों को भी खतरा हो सकता है इससे पहले भाषण प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने स्वच्छता पर अपने विचार रखे

अब तक शहर के विभिन्न हिस्सों में कई अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है चिन्हीकरण और सीलिंग का कार्य भी किया जा रहा है

उन्होंने टास्क फोर्स एमडीडीए विद्युत लोक निर्माण विभाग सिंचाई समेत सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा है अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अतिक्रमण हटने के बाद सड़कों के चौड़ीकरण और सौन्दर्यीकरण का कार्य भी चरणबद्ध रूप से प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा जिससे आम जन मानस को कोई परेशानी न हो केवि गोपेश्वर केन्द्रीय विद्यालय गोपेश्वर का जल्द उच्चीकरण होगा

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने केन्द्रीय विद्यालय गोपेश्वर में अभिभावकों के साथ बैठक करते हुए यह बात कही उन्होंने प्रधानाचार्य को विद्यालय के उच्चीकरण के संबंध में सभी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश

मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है आज भी राजधानी देहरादून समेत कई क्षेत्रों में बारिश की तेछ बौछारे पड़ीं मौसम विभाग ने कल नैनीताल पौड़ी चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है

साथ ही देहरादून टिहरी और नैनीताल में भी भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित विराट सम्मेलन में यह घोषणा करेंगे